नई दिल्ली में कल पार्टी की केन्द्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के नामों की स्वीकृति दी अरुणाचल प्रदेश से दो और छत्तीसगढ़ से पांच उम्मीदवारों की घोषणा की गयी है

वहीं भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची की घोषणा आज हो सकती है केंद्रीय चुनाव समिति की कल नई दिल्ली में हुई बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने पर विचार विमर्श हआ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने भाजपा मुख्यालय में हुई बैठक की अध्यक्षता की

आयोग ने अब चुनाव घोषणा पत्र को आदर्श आचार संहिता का भाग बना दिया है इसके लिए पार्टियों के लिए चुनाव की घोषणा के बाद नियमों का पालन करना जरूरी है

इसमें यह भी कहा गया है कि एक से अधिक चरण के मतदान की स्थिति में भी प्रतिबंधित अवधि के दौरान चुनाव घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाएगा

आयोग के अनुसार यह प्रावधान आगामी सभी चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता का अंग रहेगा और इसे लागू किया जाएगा चुनाव प्रचार आगामी लोकसभा चुनाव के लिये प्रदेश में चुनाव प्रचार रफ्तार पकडने लगा है कांग्रेस की ओर से जहां कमान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संभाल रखी है वहीं भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह प्रचार में लगे हए है मुख्यमंत्री कमलनाथ चुनाव प्रचार के लिये छिंदवाडा दौरे पर हैं पहले दिन कल श्री नाथ ने बटकाखापा देलाखारी छिन्दी रामपुर और नांदनवाडी में जनसभाओं को संबोधित किया उधर भाजपा द्वारा विजय संकल्प अभियान के तहत आज सागर दमोह और टीकमगढ जिलों में जन सभाएं होंगी वहीं कल छतरपुर पन्ना सतना जिलो में पार्टी नेता रैलियां करेंगे युवा मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक कल भोपाल में आयोजित की जाएगी जिसमें लक्ष्य हमारा मोदी दुबारा अभियान शुरू होगा भगोरिया पर्व प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में इन दिनों आदिवासियों के प्रमुख पर्व भगौरिया की धूम है

मेर्ले में झूले और चकरी का आनंद लिया जा रहा है वहीं राजनीतिक दल भी इन हाट बाजारों में रंगारंग गैर निकाल रहे हैं जगह जगह पंच सरपंच और पटेलों का साफा बांधकर सम्मान किया जा रहा है साथ ही निर्वाचन आयोग जगह जगह ईवीएम मशीनों और वीवीपेट मशीनों के बारे में लोगों को जानकारी देकर मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिये जागरूक किया जा रहा है

पावर लिफ्टिंग और रोलर स्केटिंग में खिलाड़ियों को अच्छी सफलता मिली है

रोलर स्केटिंग में सुप्रीत सिंह ऋषभ जैन प्रिया प्रकाश गाडा और प्रियंका ने स्वर्ण पदक हासिल किया

चालक को गिरफ़्तार कर लिया गया है

इस उपलब्धि के लिये जिले को सम्मानित किया जायेगा